मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में स्थापित किए कई कीर्तिमान केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी नई क्रांति

अटल पुण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि दी इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पृण्यतिथि पर उनके चित्र का अनावरण किया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया उन्होंने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे

सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे श्रद्वांजलि इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रदेशभर में भी आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्शों पर आधारित राजनीति करते थे और देश उनके बहमूल्य योगदान को याद रखेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए जयराम ठाक्र ने कहा कि वाजपेयी जी को देशवासी हमेशा याद रखेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वाजपेयी जी को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और देश व प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कृमार ध्मल ने हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर वाजपेयी जी को श्रद्वासुमन अर्पित किए अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी उन्होंने कहा कि मिशन के तहत ईलाज में आने वाली परेशानियों को कम किया जाएगा और प्रत्येक नागरिक को एक हैल्थ आईडी दी जाएगी उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल तरीके से संवित रहेगी

इसमें बेसहारा पशुओं को रखने की सुविधा होगी वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि चिंतपूर्णी क्षेत्र में एक फीड भिल का शुभारंभ किया जाएगा

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन जिले के कसौली में पौधरोपण और जोहडजी में वन विश्राम गह का शिलान्यास करने के बाद ये जानकारी दी

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज कांगड़ा ज़िला के देहरा में अधिकारियों के साथ एक बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया

बिक्रम ठाकर ने अधिकारियों को लम्बित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र में एक करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए

उन्होंने कहा कि घुमारवीं में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का दौरा किया उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया पठानिया ने भरमौर व पांगी में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की और भरमौर होली व पांगी में स्पोर्टर्स जिम खोलने की बात भी कही

उन्होंने नवनिर्मित फोरेस्ट हट का उदघाटन भी किया शिमला ग्रामीण क्षेत्र में खटनोल के निकट देवला पंचायत में आज अभिनव युवक मंडल द्वारा पौधरोपण का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष व शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता ने किया इस मौके पर सैंकड़ों पौधे रोपित किए गए रवि मेहता ने युवाओं से पौधरोपण में बढचढ़ कर भाग लेने का आहवान किया शिमला ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश ठाकर व अभिनव युवक मंडल के अध्यक्ष संजीव शर्मा भी इस मौके मौजूद रहे इस बीच हमीरपुर जिला जर्नलिस्ट इकाई ने आज हमीरपुर के विभिन्न मंडलों पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया इकाई के अध्यक्ष पंकज भारतीय ने बताया कि विभिन्न पत्रकारों ने औषधीय व फलदार पौधों का रोपण किया हमीरपुर में हए कार्यक्रम में वन मंडल अधिकारी एलसी वंदना ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया इस अवसर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय सदस्य सुशील शर्मा और प्रैस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर भी मौजूद रहे नादौन सुजानपुर बड़सर और मोरंज में भी पौधरोपण किया गया पर्य टन पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्ज एसोसिएशन ने सरकार से प्रदेश में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है

मिशन की जोनल इंचार्ज रजवंत कौर भूल्लर ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान मानवता की सेवा के लिए ये शिविर लगाया गया भाजपा भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा पेपर लैस की ओर बढ़ रही है और बृथ स्तर पर डिजिटल माध्यम से बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुखों का सत्यापन किया जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसा करेंने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा